राज्य सरकार ने कहा केन्द्र के निर्देशानुसार राज्य ने अपने बोर्डर सील किए किसी भी श्रमिक को नौकरी से नहीं निकालने का आदेश लॉकडाउन के दौरान गरीब और असहाय लोगों की सहायता के लिए व्यापक स्तर पर किया जा रहा है भोजन पैकेट का वितरण

कल अजमेर में तीन और रोगी सामने आये है ये तीनों लोग शनिवार को कोरोना पॉजीटिव पाये गये

युवक की बहन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है अब तक प्रदेश के दस जिलों में इन मरीजों की पुष्टि हुई है

वहीं एक मरीज को होम क्वारेंटाईन किया गया है

विमिन्न राज्यों को जाने वाले श्रमिक जहां है वहीं रहेंगे श्री स्वरूप ने बताया कि लॉकडाउन की इस अविध में कोई भी नियोक्ता किसी श्रमिक को नौकरी से नहीं निकालेगा और उसे पूरा वेतन मिलेगा

प्रदेश के हर जिले में लोगों तक अपनी सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने नियंत्रण कक्ष बनाए है और उनके हैल्पलाईन नम्बर जारी किए है गौरतलब है कि केंद्र ने बड़ी संख्या में अपने गृह राज्यों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों की आवाजाही रोकने के लिए राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कदम उठाने को कहा लॉकडाउन के कारण फंसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को अस्थायी आश्रय गृह भोजन तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है गृह मंत्रालय ने अपने ताजा निर्देशों में संबंधित राज्यों से कहा है कि अपने घरों को लौट रहे प्रवासी लोगों को नजदीकी आश्रय गृहों में ठहराने की व्यवस्था की जाए

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को कहा कि आईसोलेशन क्वारेंटाईन और ट्रांजिट शिविरों में रह रही ऐसी महिलाओं की विशेष देखभाल की जाये कल जयपुर में समीक्षा बैठक में श्री गहलोत ने कहा िकइस काम में महिला चिकित्सकों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और राज्य सरकार में पदस्थापित महिला अधिकारी कर्मचारी तथा स्थानीय निवासियों की मदद ली जा सकती है उन्होंने बताया कि प्रदेश की कई निजी संस्थाओं और उपक्रमों ने अपने संसाधनों और भवनों को संकट की इस घडी में सरकार द्वारा उपयोग में लेने के लिए प्रस्ताव दिये है श्री गहलोत ने विभिन्न प्रदेशों में मौजूद प्रवासी राजस्थानियों और प्रदेश में रह रहे दूसरे राज्यों के निवासियों की सहायता के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को नियोजित करने के निर्देश दिए है

वांछित दवाओं की औषधि विकेता उनके घरों पर बिल सहित आपूर्ति करेंगे

वहीं सवाईमाधोपुर पुलिस ने जनता रसोई का शुभारम्भ कर भोजन के पैकेट बांटे है नागौर के मूंडवा में सब्जी और अन्य दैनिक जरूरत का सामान आमजन तक पहुंचाने के लिए विभिन्न वाहन लगे हुए है झालावाड में गरीब और दिहाडी मजदूरों की सहायता के लिए पुलिस हैल्पलाईन नम्बर जारी किए गए है अलवर में विभिन्न संगठनों के सहयोग से फूड हैल्प ग्रप बनाकर राशन किट और भोजन के पैकेट बांटे जा रहे है

वहीं उदयपुर में पुलिस ने लगभग साढै सात हजार जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाया है जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने ढाई हजार खाद्य सामग्री किट वितरित किए है

इसी कडी में सोशल मीडिया पर झूठी अफवाह फैलाने वाले झालावाड के खानपुर के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है

जयपुर के सांगानेर में साउदी अरब से भारत आकर अपने घर पर सामूहिक भोज आयोजित करने का एक मामला दर्ज किया गया है

लॉकडाउन के कारण आज होने वाले विभिन्न कार्यक्रम नहीं हो पा रहे है राज्यपाल कलराज मिश्र ने इस अवसर पर अपने संदेश में कहा कि देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की परम्परा राजस्थान में अभी भी कायम है राजस्थान मेलों और उत्सवों की रंगीली धरती है उन्होंने कहा कि वर्तमान परिदृश्य में प्रदेश की संस्कृति की रक्षा का प्रयास हम सब की जिम्मेदारी है

जनजागृति फैलानी है और आपसी समझ बढानी है इस तरह से हम लोग कोरोना को हराने के सफल हो पायेंगे